मातुभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बच्चे के दिमाग की विकासात्मक प्रक्रिया से जुड़े अध्ययन से यह पता चलता है कि मानव जीवन के प्रारंभिक पांच से छह वर्ष भाषा सीखने लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं शोध अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि बच्चों की आरंभिक शिक्षा के लिए उनकी मातृभाषा ही सबसे उपयुक्त माध्यम है श्री निशंक मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं संस्कृ ति मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय मातुभाषा दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि मातृभाषा हमें एक नया रास्ता दिखाती है और अपने आप को खुलकर व्यक्त करने की अनुमति देती है उन्होंने यह भी कहा कि भाषा सभी बाधाओं को तोड़ती है और लगभग एक सौ छियान्बे भाषाओं को अप्रचलित होने को संरक्षित करना और बढ़ावा देना समय की जरूरत है इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शामिल हुए

इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मातृभाषा को लेकर विद्वानों ने शुभकांनाएं दी हैं आयकर विभाग के राजभाषा उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉ मुनीराम सकलानी ने कहा कि मातृभाषाओं का विकास और प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ओएनजीसी में महा प्रबंधक निगमित संचार के प्रभारी रजनीश त्रिवेंदी ने कहा कि मातृभाषा परिवार से शुरू होती है मातृभाषा में जो भी बच्चे को सिखाया जाता है यो जीवनभर उसके काम आता है और उसको आग बढ़ाने में मदद मिलती है ओएनजीसी के राजभाषा प्रभारी महाप्रबंधक राम राज द्विवेदी ने कहा अगर किसी बच्चे को कोई विषय उसकी मातृभाषा में सिखाया जाए तो उसे वो विषय बहुत आसानी से समझ में आता है शोध भी बताते हैं कि मातुभाषा सभी के लिए बहुत आवश्यक है

इसी क्रम में बागेश्वर जिले के दो विद्यालयों में विदेशी भाषा स्पैनिश की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने जा रही है राजकीय जूनियर हाईस्कूल पिगलो और प्राथमिक विद्यालय डुंगरी में यह कोर्स शुरू किया जाएगा इन स्कूलों में हिदी अंग्रेजी संस्कृत कुमाऊंनी के अलावा अब बच्चे स्पैनिश भी पढ़ सकेंगे विदेशी भाषा सीखने के लिए बच्चे बेहत उत्साहित हैं और शिक्षकों ने भी इसके लिए प्रशिक्षण ले लिया है वीके सिंह दौरा केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जरनल वीके सिंह ने आज चार धाम परियोजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ धरासू जानकीचट्टी और बड़कोट में हो रहे कार्यों का हवाई सर्वेक्षण किया साथ ही उन्होंने गंगोत्री में भैरवघाटी का भी जायजा लिया

हवाई सर्वेक्षण के बाद मातली आईटीबीपी बैठक कक्ष में उन्होंने अधिकारियों के साथ चारधाम परियोजना के तहत उत्तरकाशी जिले में हो रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली

हालांकि कोशिश की जा रही है कि यह काम भी जल्द से जल्द हों उन्होंने भरोसा दिलाया कि चारधाम यात्रा में परियोजना के कोई भी कार्य बन्द नहीं रहेंगे बल्कि यात्रा को इस बार पहले की अपेक्षा और सुगम बनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है स्कीइंग प्रशिक्षण पर्यटन विभाग की ओर से पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के खलियाटॉप में पांच दिवसीय स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण में पिथौरागढ़ जिले अठारह युवाओं को स्नो स्कीईग के गुर सिखाए जा रहे हैं स्कीइंग का प्रशिक्षण मोनाल संस्था की ओर से दिया गया प्रशिक्षण का मकसद युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और पर्यटन गतिविधियों का विकास करना है

खलियाटॉप ट्री लाइन से ऊपर होने के कारण पेड़ या पत्थर से टकराने का कोई खतरा नहीं है युवाओं को स्कीइंग के बेसिक और एडवांस गुर सिखाए जा रहे हैं जमरानी पेयजल परियोजना सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना के लिए सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है

मुख्यमंत्री से कल एडीबी कन्सलटेशन मिशन के सदस्यों ने भेंट की मिशन के सदस्य आजकल परियोजना स्थल परियोजना के तकनीकि पहलुओं और इसके क्रियान्वयन और पुनर्वास से संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए प्रदेश के भ्रमण पर आये हैं इस दौरान मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि एडीबी कन्सलटेशन मिशन के सहयोग से जल्द यह परियोजना पूरी होगी एडीबी कन्सल्टेशन मिशन के प्रिंसिपल वॉटर रिसोर्सेस स्पेशलिस्ट अर्नाड कॉचोइस ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके दल ने परियोजना स्थल का भ्रमण और अधिकारियों से वार्ता करने के साथ ही एडीबी मिशन द्वारा परियोजना के डूब क्षेत्र के मुरकुंडिया गांव का भ्रमण किया है साथ ही परियोजना से प्रभावित कुछ परिवारों से बातचीत भी की परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर नैनीताल के जिलाधिकारी से भी चर्चा की गई है राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की राज्य ईकाई के पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें जिला स्तरीय समितियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिये है राजभवन में भारतीय रेडक्रॉस समिति की राज्य शाखा की आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस की मजबूती के लिये जिलाधिकारियों को विशेष रूचि लेनी चाहिये उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सेवा भाव का कार्य है इसमें जुड़ने वालों को पद का लालच नहीं होना चाहिये उन्होंने जिलों में एक वर्ष की आयु की बच्चियों और उनकी माताओं को अच्छे स्वास्थ्य लालन पालन श्रेणी में पुरस्कृत करने की योजना चलाने के निर्देश भी दिये

इस मौके पर उन्होंने रेडक्रॉस समिति उत्तराखण्ड के वेब पोर्टल का उद्घाटन भी किया पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ऊधमसिंह नगर जिले के लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से काफी फायदा पहुंच रहा है इस योजना के तहत अब तक जिले में सत्तर हजार चार सौ अट्टान्बे किसान लाभान्वित हो चुके हैं

लाभार्थी किसान अंग्रेज सिंह का मानना है की दो फसलों से किसानों का गुजारा नहीं होता था जिस कारण उन्हें साहूकारों से ब्याज दरों पर पैसा लेना पड़ता था

किसानों का कहना है कि यह पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की सुध ली ळें फिट इंडिया देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में केंद्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें विभिन्न विभागों के केंद्रीय कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया की ज्योडीय एवं अनुशंधान शाखा के निदेशक आरके मीना ने बताया कि प्रतियोगिता महिला और पुरुष वर्ग में आयोजित की जा रही है इसका उद्देश्य विभन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बनाना है साथ मानसिक और शाररिक रूप से फिट रहने के लिए भी यह जरूरी है वहीं पवेलियन ग्राउंड में जिला फुटबाल लीग का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में कई टीमें हिस्सा ले रही हैं प्रतियोगिता के जरिये खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा